इन योजनाओं के तहत गरीबों को न केवल मुफ़त राशन दिया जा रहा है बल्कि निशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया

उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा भारत है जो विकास के लिए मानव केन्द्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है

जयपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि पैकेज की कियान्विती शुरू हो गयी है उन्होंने बताया कि पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां रफ़्तार पकड़ने लगी हैं और केन्द्र सरकार के पैकेज से हर वर्ग को राहत भिली है श्री पूनिया ने बताया कि आत्मनिर्भर पैकेज से राज्य के भी लाखों लोग लामान्वित हुए हैं

ब्रंदी जिले की एक लाभार्थी ने इस बारे में अपनी ख्रशी जताई

आज अजमेर जिले के केकड़ी में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राजस्थान में मृत्यु दर का औसत भी देश से कम है

उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आमजन की है

इसीलिए सभी लोग कोरोना से बचाव के तरीकों को पूरी तरह अमल में लाएं

इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर आज कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी अदालत परिसर और कार्यालय में सेनीटाईजेशन किया गया और चिकित्सा विभाग की टीम ने संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटा आवश्यक कार्यवाही की

उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई जाएगी और सड़क सुरक्षा को अनिवार्य रूप से स्कूली पाठ्यकम का हिस्सा बनाया जाएगा

श्री मिश्र आज वीडियो कांफेस के माध्यम से बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि युवाओं की रचनात्मक मानसिकता को भी विकसित करना होगा ताकि युवा पीढी देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सके

इन फसल बीमा जागरूकता रथों के माध्यम से किसानों को फसल बीमा के लाम और प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी यह जागरूकता रथ जिले के प्रत्येक उपखंड में ग्राम पंचायतो में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय एसडीआरआई जयपुर और नागौर जिले के परिवहन और खान विभाग द्वारा इन स्थानों पर संयुक्त कार्रवाई की गई जांच में दो खोनों के बीच खाली हिस्से में खनन कार्य किया हुआ पाया गया

प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विमाग ने आज और कल जोधपुर बीकानेर उदयपुर भरतपुर जयपुर अजमेर और कोटा संमागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संमावना व्यक्त की है विमाग ने कहा है कि अगले चार पांच दिन मानसून कम सकिय रहेगा

इसलिए स्वयं की सुरक्षा और आमजन की रक्षा के लिए मास्क पहनें सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से दो गज की दूरी बनाए रखें कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं बार बार हाथ घोएं यहां वहां थूकें नहीं और बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलें साथ ही अफवाहों पर भी ध्यान न दें